वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इन बैठकों में आज विभिन्न औद्योगिक और व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे युवा महिला प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ भी परामर्श किया जाएगा प्रदेश में आयोजित होने वाले धार्मिक मेलों और कार्यकमों में शामिल होने वाले सभी श्रद्वालुओं को संबंधित जिला प्रशासन से रजिस्ट्रेशन कराना होगा श्रद्धालुओं को अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ रखनी होगी इन दस्तावेजों के बिना मेले उत्सवों और कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इस संबंध में गृह विभाग ने एसओपी जारी कर दी है एसओपी में बताया गया है कि हाई रिस्क व्यक्तियों को धार्मिक मेलों उत्सवों और कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए इधर सीकर जिले में खाटूश्यामजी के लक्खी मेले की अनुमति मिल गई है यह मेला कोरोना गाइड लाइन की पालना के साथ इस साल भी भरेगा श्रद्वालूओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा इधर हरिद्वार में इस साल भरने वाले कुंभ मेले के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भी एसओपी जारी कर दी गई है

इधर प्रदेश में दूसरे चरण में फंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन जारी है प्रतापगढ़ जिले में उपखण्ड अधिकारी विनोद क्मार मल्होत्रा के नेतृत्व में छोटी सादड़ी राजस्व विभाग की टीम आज पैदल मार्च निकालकर जागरूकता के साथ वैक्सीनेशन के लिए पहंची पूरी टीम ने उत्साह से टीका लगाया झंझन्न में नगर निकायों के अधिकारियों कार्मिकों और सफाई कर्मचारियों को आज वैक्सीन लगाई जा रही है नगर परिषद आयुक्त ने आज टीका लगवाने के बाद बताया कि नगर परिषद के चार सौ से अधिक कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होगा

अब तक एक करोड चार लाख रोगी ठीक हो चुके हैं

वहीं चुरू और सवाई माधोपुर के बाद अब टोंक जिले में भी कोरोना के सक्रिय मामले समाप्त हो गए हैं

पन्द्रह जिलों में कोई भी नया मामला नहीं मिला

केन्द्र सरकार ने यू ट्यूब वीडियो में किये जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने बिना किसी परीक्षा के आठ लाख से अधिक पदों के लिए सीधी भर्ती की घोषणा की है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस दावे को फर्जी बताया है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी ने अब तक किसी सरकारी पद के लिए ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है भरतपुर में जिला स्वच्छ भारत मिशन प्रबंधन समिति की आज बैठक हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता लाने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए गए

बीकानेर में कल से राजस्थान स्टेट रोड साइक्लिंग चैम्पियनशिप आयोजित होगी

प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट आई है माउंट आबू फिर से जमाव बिन्दू पर पहुंच गया है